श्री मोदी ने आज प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बातचीत की

लोकसभा में कांग्रेस सदस्य के सी वेण्गोपाल की बात का जवाब देते हुए श्री सिंह ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा की और कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरों के कारण ऐसी हिंसक घटनाएं हो रही हैं श्री राजनाथ सिंह ने कहा कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है राज्यसभा में आज सदस्यों ने देश में भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या किये जाने की घटनाओं पर चिन्ता व्यक्त की इस बीच फेसबुक ने कहा है कि वह ऐसे सभी पोस्ट हटा देगा जिनसे हिंसा बढ़ने की आशंका हो कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि आने वाले महीनों में नई नीति लागू की जायेगी

श्री जावडेकर ने राज्यसभा में शुन्यकाल के दौरान विपक्ष के सदस्यों की ओर से उठाये गयेइस मुद्दे पर कहा कि साक्षात्कार पर रोक का आदेश कल ही जारी किया गया था सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ संवैधानिक अधिकार है और यह अधिकार बना रहेगा

इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी एप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

एक अन्य मामले में ब्यूरो की जयपुर देहात टीम ने कार्यवाही करते हुए नगर निगम जयपुर के मानसरोवर जोन में कार्यरत सहायक राजस्व अधिकारी संगीता जैन को बीस हजार रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया

हादसे के बाद ग्रामीणों और प्रशासन के सहयोग से चलाये गये बचाव और राहत कार्य से टांके में गिरे सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है बच्चों को बाद में अस्पताल पहुंचाया गया सभी बच्चे पूरी तरह सुरक्षित बताये गये हैं

जयप्र में आज रक्षा संवाददाता पाठयक्रम के उदघाटन समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री मेथसन ने कहा कि देश को नुकसान पहंचाने वाले संदेशों को रोका जाना समय की जरूरत है

मांडलगढ जहाजपुर कोटड़ी में भी अच्छी बरसात हुई है

पाली के रणकप्र बांध में पांच फ्ट पानी आया है